मौसम विभाग ने पटना गया नालंदा सहित कई जिलों में जारी किया येलो अलर्ट

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

राज्यों के मुख्य सचिवों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि निगरानी रोकथाम और सतर्कता दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए मास्क पहनने हाथों को साफ रखने और उचित दूरी का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि कोविड उन्नीस से जुड़े निर्देशों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आवश्यक उपाय किये जाएं राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के दूसरे चरण का विस्तार रोकने और संक्रमितों की पहचान कर तत्काल इलाज की सुविधा देने को लेकर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्तर पर मेडिकल टीम का गठन किया गया है हर टीम में चिकित्सा पदाधिकारी के साथ ही तीन स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती की गयी है स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्र में सड़क मार्ग से दूसरे राज्यों से आने वाले कोरोना संक्रमितों की पहचान करने को लेकर यह टीम कार्य करेगी इसके साथ ही पंचायतों में आशा और एएनएम कार्यकर्ता चिन्हित व्यक्तियों की जांच करने का काम करेगी वहीं कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुये आज से सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नये सिरे से फैलते कोरोना संक्रमण को लेकर हालात की समीक्षा के लिए आज सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के नब्बे नए मामले सामने आये हैं पटना में सबसे अधिक पच्चीस जबकि भागलपुर में सात नये संक्रमित मिले हैं इसके अतिरिक्त शेष अट्ठाईस जिलों में एक से पांच नये कोरोना मरीजों की पहचान की गयी वर्तमान में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव दो चार है प्रदेश में फिलहाल चार सौ छत्तीस सक्रिय मरीज हैं जिनका इजाल विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्य में पचपन हजार से अधिक लोगों की कोरोना जांच की गयी अब तक दो करोड़ तीस लाख अंठावन हजार सात सौ सैंतालीस सैंपल की जांच की जा चुकी है प्रदेश में अब तक सत्रह लाख पचासी हजार सात सौ अठारह लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं इनमें से चौदह लाख चौदह हजार एक सौ उनासी लोगों को टीके की पहली डोज जबकि तीन लाख इकहत्तर हजार पांच सौ उनतालीस लोगों को द्रसरी डोज दी गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत साठ हजार एक सौ अड़सठ लोगों को कोरोना का टीका दिया गया है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किसी भी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का कोई गंभीर प्रतिकूल असर नहीं दिखा है इधर देश में अब तक चार करोड़ पचपन हजार से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तिरसठवें दिन अठारह लाख सोलह हजार एक सौ इकसठ डोज दी जा चुकी है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड टीके प्ररी तरह से सुरक्षित हैं और इसकी क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए लोकसभा में एक प्रक प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोई भी टीका कड़े वैज्ञानिक परीक्षण और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों की जांच के बाद ही लगाया जाता है उन्होंने कहा कि देश में कोविड टीके के मामूली दुष्प्रभाव सामने आए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपनी बारी आने पर कोविड टीका अवश्य लगवाने की अपील की बाईट लगभग साढ़े तीन चार करोड़ लोगों को डोजिज लग गई हैं इसलिए मैं समझता हूं कि जो चीज साइटिफिक स्क्रूटनी और विश्लेषण से बाहर आती है और जब उसका इस्तेमाल होता है और सारीदुनिया कर रही है हम देश के लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि वैक्सीन्स के बारेमें कोई अपने मन में किसी प्रकार का भ्रम न रखें और आपको जो सुविधा उपलब्ध कराई है भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जीने नेतृत्व देकर उस सुविधा को अपने निकट के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल मेंजाकर और एक फोन से अपनी बुकिंग कराकर आप उस वैक्सीन को लीजिए अपने को सुरक्षित करिए अपने मित्रों को अपने परिवारजनों को समाज में सबको सुरक्षितकरने का काम करिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक ने कोविड टीका को लेकर लोगों से सकारात्मक रहने को कहा है

उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने विमान सेवा को अस्सी प्रतिशत के स्तर पर ही बनाए रखने का निश्चय किया है श्री पुरी ने एक ट्वीट में कहा कि विमान के ईंधन की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है इसलिए कम किराए वाली श्रेणी में पांच प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है ऊपरी श्रेणी के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है श्री पुरी ने कहा कि किसी भी महीने में तीन दिन विमान यात्रियों की संख्या साढ़े तीन लाख से अधिक होने पर सौ प्रतिशत उड़ानें बहाल कर दी जाएंगी राज्य सरकार ने सेवा का अधिकार कानून के अन्तर्गत आने वाली सेवाओं को और सुलभ बनाया है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्रदेश में एक अप्रैल से अंचलाधिकारी की जगह राजस्व अधिकारी जाति आवासीय और आय प्रमाण पत्र जारी करेंगे आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इकतीस मार्च तक अंचलाधिकारी की ओर से जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे इन प्रमाण पत्रों को बनाने की समय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है तत्काल के मामलों में प्रमाण पत्रों को दो दिनों में जारी करने की व्यवस्था की गयी है पटना सहित प्रदेश के कई जिलों में अगले चौबीस घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की सम्भावना है मौसम विभाग ने पटना गया नालंदा शेखप्रा बेगूसराय औरंगाबाद जहानाबाद अररिया और पूर्णियां सहित कई जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया है मौसम वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि आज और कल दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका है

वर्षा होने पर किसानों को रबी की फसल की भारी क्षति का अनुमान है देश में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तहत कैमूर के मोहिनियां और बक्सर जिले के इटाढ़ी में सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मोड में एक लाख टन क्षमता के स्टील के बड़े भण्डारण टैंक साइलोज की स्थापना की जा रही है इस पर पैंसठ करोड़ अट्ठाईस लाख रूपये खर्च होंगे राज्यसभा में सांसद सुशील कुमार मोदी के सवाल के जवाब में उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि खाद्यान्नों की बर्बादी को रोकने के लिए प्रत्येक स्थान पर पचास हजार टन क्षमता के भंडारण टैंक का निर्माण किया जा रहा है राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पहली से नौवीं कक्षा में दाखिले के लिए चल रहा विशेष नामांकन अभियान प्रवेशोत्सव अब पच्चीस मार्च तक चलेगा इस अभियान की आज अंतिम तिथि थी विशेष नामांकन अभियान की तिथि बढ़ाने का आदेश जारी करते हुये बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह ने कहा है यह तिथि इसलिए बढ़ाई गयी है कि ताकि शत प्रतिशत बच्चों का स्कूलों में दाखिला हो सके गैरतलब है कि प्रदेश के लगभग अस्सी हजार सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में चल रहे विशेष नामांकन अभियान के तहत अब तक चौदह लाख अंठावन हजार से अधिक बच्चों का दाखिला हुआ है नगर निकायों की तर्ज पर राज्य के सभी पंचायतों में सफाईकर्मियों की बहाली होगी पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने विधान परिषद में सफाईकर्मियों की बहाली की घोषणा करते हुये कहा कि गांवों में स्वच्छता के लिए पंचायती राज विभाग प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि पन्द्रहवें वित्त आयोग की राशि से पंचायतों में सफाईकर्मियों की व्यवस्था की जा रही है प्रदेश के सभी शहरी निकायों के पार्षद सरकारी ठेकों में अब अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर किसी भी निविदा को प्रभावित नहीं कर सकेंगे सरकार ने निकाय प्रतिनिधियों की ओर से सरकारी ठेकों और अन्य आर्थिक लाभ के कार्यों में दखल को रोकने के लिए नगर पालिका अधिनियम में संशोधन कर दिया है केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने बिहार सहित देश के पच्चीस राज्यों में केन्द्र सरकार के तीस विभागों और संगठनों के परिसरों में औचक तलाशी ली है ये विभाग और संगठन भारत सरकार की परियोजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़े हैं पटना और देश के अन्य शहरों में ये तलाशी ली गयी प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने नक्सली रामबाबू राम और उसके परिजनों के नाम पर चालीस लाख रूपये से अधिक की चल अचल सम्पत्ति को जब्त किया है पांच लाख रूपये के इनामी नक्सली रामबाब्र पर अट्ठाईस से अधिक मामले दर्ज है इधर मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर में कुख्यात नक्सली सुरेश दास उर्फ जयंत को एसटीएफ और एसएसबी के जवानों द्वारा संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है एसएसपी जयन्तकान्त ने बताया कि नक्सली पर एक दर्जन से अधिक केस दर्ज है दरभंगा जिले के जाले उत्क्रमित उच्च विद्यालय में करंट लगने से एक छात्रा की मौत हो गयी जबकि आठ अन्य छात्राएं झुलस गयी बताया जाता है कि कक्षा में लगे लोहे के दरवाजे में बिजली का तार सट जाने से ये हादसा हुआ मृतक पहली कक्षा की छात्रा थी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने मृतक छात्रा के परिजन को चार लाख रूपये का अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिया है जिलाधिकारी द्वारा मृतक छात्रा के परिजन को चेक उपलब्ध करा दिया गया है मुख्यमंत्री ने अन्य सभी घायल छात्राओं के निःशुल्क इलाज की समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये हैं पटना के ऊर्जा स्टेडियम में आज से टी ट्वेंटी बिहार क्रिकेट लीग बीसीएल शुरू हो रहा है आईपीएल की तर्ज पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में इस लीग का आयोजन किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में पांच टीमें भाग लेंगी टूर्नामेंट का पहल मैच अंगिका एवेंजर्स और पटना पाइलट्स के बीच खेला जायेगा इस अवसर पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव सहित कई खेल हंस्तियां मौजूद रहेंगे प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला छब्बीस मार्च को खेला जायेगा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 हिन्दुस्तान का शीर्षक है बिहार में इथेनॉल इकाई लगाने के लिए आए तीस निवेश प्रस्ताव प्रभात खबर ने जेइइ मेन परीक्षा के प्रश्न पत्र बाहर आने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है संदिग्ध सेंटरों पर अप्रैल में नहीं होगा जेइइ मेन पिछले साल कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन उल्लंघन मामलों से ज़ुड़ी खबर को दैनिक भास्कर ने अपनी सुर्खी बनाते हुये लिखा है लॉकडाउन उल्लंघन के केस वापस लेगी सरकार दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है महिलाओं की भागीदारी के बगैर तरक्की नहीं दैनिक आज और राष्ट्रीय सहारा ने देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

मौसम विभाग ने पटना गया नालंदा सहित कई जिलों में जारी किया येलो अलर्ट